सोलन में आज शिमला संसदीय क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं और जन समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करे नड्डा ने कहा कि सत्ता की उत्पत्ति का मुख्य स्थान बूथ हैं जिन्हें और मजबूत करने की ज़रूरत है कांग्रेस को मुददाविहीन पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास सही आंकड़े नहीं हैं और कांग्रेस नेता हवा हवाई बातें कर जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं सम्मेलन में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल ने संगठन के स्तर पर काफी तरक्की की है उन्होंने कहा कि प्रदेश की संगठनात्मक सोच को भाजपा एक मॉडल के रूप में प्रे देश में कार्यान्वित कर रही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने भी कार्यकर्ताओं से लोगों को सरकार की कल्याणकारी नीतियों से अवगत करवाने का आह्वान किया सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद वीरेन्द्र कश्यप और राम स्वरूप शर्मा सहित पार्टी के अन्य नेता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी में पश्पालन का अहम योगदान है ऐसे में सरकार पशुपालन को विशेष रूप से बढ़ावा दे रही है इस दौरान वीरेन्द्र कंवर ने मणिकर्ण घाटी के ढनाली में पशु औषधालय के शिलान्यास सहित बंजार विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर पंचायत घरों का लोकार्पण किया

कुरूक्षेत्र स्थित गुरूकुल परिसर में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि जिस विद्यार्थी में परिश्रम और जज़्बे की भावना होती है उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है समारोह में उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया

इसके अलावा खिलाड़ियों को क्रिकेट की कोचिंग देने के लिए क्रिकेट अकादमियां भी स्थापित की जा रही हैं

विधायक राजेन्द्र गर्ग भी इस दौरान मौजूद रहे

इस दौरान विधायक सुभाष ठाकर ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतरीन वातावरण उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत्त है उन्होंने अध्यापकों से भी विद्यार्थियों को गुणात्मक व संस्कारयुक्त शिक्षा देने का आग्रह किया

समिति सचिव संजय चौहान ने आज शिमला में कहा कि पिछले माह ठियोग थाना में दोषी आढ़तियों पर कुछ बागवानों ने एफआईआर दर्ज की थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई है उन्होंने एपीएमसी और सरकार पर बागवानों के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया

स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पानी जमने और रास्ते फिसलन भरे होने से उन्हें भारी असुविधा हो रही है